पटना में गंगा खतरे के निशान के पार

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया है जांच एजेंसी ने उन्हें कल रात नई दिल्ली में जोर बाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया चिदंबरम को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई के मुख्यालय में रखा गया और आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय से चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई मंगलवार से उनकी तलाश कर रही थी पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की थी लेकिन उन्हें न्यायालय से तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई न्यायालय में चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कल होगी दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से चिदंबरम लापता थे हालांकि वे कल शाम कांग्रेस मुख्यालय में उपस्थित हुए और मीडिया को संबोधित किया कानून से बचने की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वे अपने वकीलों के साथ काम कर रहे थे और जमानत याचिका से संबंधित दस्तावेज तैयार कर रहे थे

सारण जिले के मढ़ौरा में दारोगा मिथिलेश कुमार साह और कांस्टेबल फारुख अहमद की हत्या के मामले में जिला परिषद अध्यक्ष मीना अरुण समेत सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन सभी पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है गौरतलब है कि मंगलवार को मढ़ौरा में अपराधियों की गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी है पटना के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कांतेश मिश्र ने बताया कि विधायक की गिरफ्तारी के लिए ग्यारह टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं उन्होंने बताया कि अनंत सिंह को फरार घोषित करने के लिए एसआईटी ने उनके खिलाफ इश्तेहार लेने के लिए बाढ़ स्थित एक अदालत में आवेदन दिया है इश्तेहार मिलते ही विधायक को फरार घोषित किया जा सकेगा और कुर्की जब्ती की प्रक्रिया की जा सकेगी इधर अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया के आवास की कुर्की करने गयी पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में चौदह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित आयुध भंडार से चोरी हये हथियारों की मुंगेर से बरामदगी के मामले में आरोप पत्र नहीं दाखिल होने के कारण एक आरोपित को जमानत दे दी वहीं एक अन्य आरोपित की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हो रही बारिश के कारण गंगा सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है गंगा नदी बक्सर से भागलपुर के कहलगांव तक उफान पर है पटना में पिछले चौबीस घंटों के दौरान नदी के जलस्तर में साठ सेंटीमीटर से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से ग्यारह सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है हालांकि बक्सर मुंगेर और भागलपुर में नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के नीचे हैं लेकिन अगले अड़तालीस घंटों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जतायी गयी है नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निजी भवनों में भी वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि पहले चरण के तहत पांच सौ वर्ग मीटर या उससे बड़े क्षेत्रफल में बने निजी भवनों में तीस दिन के अंदर इस प्रणाली को लगाना होगा उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ अमरीका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के ग्रीनवीच विश्वविद्यालय अपने शोध साझा करेंगे राज्य सरकार की बागरी योजना के तहत ये पहल की गयी है इस संबंध में दोनों विश्वविद्यालयों के साथ सरकार का करार हो चुका है अब केवल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से सहमति मिलनी बाकी है इस करार के बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को दोनों विदेशी विश्वविद्यालय के शिक्षक पढ़ायेंगे साथ ही कृषि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नयी पहल भी की जायेगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली पेंशन के लिए पंचायत स्तर पर आज से निबंधन शिविर का आयोजन किया जा रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि आज से चौबीस अगस्त तक शिविर लगाकर किसानों का निबंधन किया जायेगा योजना के तहत अठारह से चालीस वर्ष की आयु वाले किसान आवेदन कर सकेंगे किसानों को अंशदान के रूप में निर्धारित राशि जमा करनी होगी और उतनी ही राशि केन्द्र सरकार भी देगी साठ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को तीन हजार रूपये मासिक पेंशन दिया जायेगा पटना उच्च न्यायालय ने पटना के गर्दनीबाग इलाके में हरे भरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुये केंद्र और राज्य सरकार पर्यावरण विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है न्यायाधीश शिवाजी पांडेय और न्यायाधीश पार्थसारथी की खंडपीठ ने एक सामाजिक संगठन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह फैसला सुनाया है याचिका में कहा गया है कि गर्दनीबाग में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी के निर्माण के नाम पर सत्तर हजार पेड़ काट दिये जाएंगे जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में शहीद जवान लांसनायक रविरंजन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर आज सासाराम स्थित उनके पैतृक गांव लाया जायेगा शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा शहीद रविरंजन डिहरी थाना क्षेत्र के गोपीबिगहा के रहने वाले थे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उनहत्तरवीं बैठक आज पटना में आयोजित की जायेगी उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर एम के जैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को संबोधित करेंगे बैठक में मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस की प्रथम तिमाही में विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य में वितरित किये गये ऋण की समीक्षा की जायेगी मूजफ्फरपुर के बहचर्चित नवरूणा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का और समय दिया है रोहतास जिले में इंद्रपुरी के थानाध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है शेखप्रा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धनौल गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी

भागलपुर जिले में कहलगांव एनटीपीसी स्थित सीआईएसएफ की इकाई के भर्ती केंद्र पर दूसरे के बदले शारीरिक परीक्षा देने आये आठ फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है

हिन्दुस्तान लिखता है हंगामे के बीच चिदम्बरम गिरफ्तार

प्रभात खबर लिखता है केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा बने कैबिनेट सचिव दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना जंक्शन के अट्ठाईस साल पुराने दूध मार्केट पर चला बुलडोजर दुकानदारों का हंगामा तेजस्वी का धरना राष्ट्रीय सहारा लिखता है चांद की दूसरी कक्षा में पहुंचा चन्द्रयान आज की सुर्खी है नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका समान वेतन मामले में पुनर्विचार से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

पटना में गंगा खतरे के निशान के पार